राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण आज से शुरू हो गया है

चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निधारित करने की अनुमति दी है राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच स्थित कंटेन्मेंट क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटन्मेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्त्रओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी

राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों क्षेत्रों में शुरू की जा सकने वाली अन्य गतिविधियों के बारे में फैसला कर सकेंगे अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में भी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपस में निर्णय ले सकेंगे सरकार ने खेल कूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की इजाजत नहीं होगी ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे सरकार ने सभी नियोक्ताओं से कहा है कि उनके सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें

इन दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनना अनिवार्य है थूकने पर जुर्माना है और सभी लोगों के लिये सार्वजनिक स्थानों पर तथा परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकतीं केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछेक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए श्री भल्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गये हैं उन्होंने कहा कि ये दिशा निदेश आज से लागू हो गये हैं इसके तहत अब राज्य सरकारें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित कर सकेंगी

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे इस बीच चक्रवात अम्पन गहरे समुद्री तूफान में बदल गया है बंगलादेश की ओर मुड़ने से पहले इसके और अधिक तोव होने की आशंका है

फिलहाल यह तूफान पश्चिम मध्य खाड़ी और दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में केन्द्रित है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अगले छह घंटों में और तीव्र हो जाएगा

प्रधानमंत्री ने इस कडो के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है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

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक प्रदेश में वापस लाने के निर्देश दिये हैं अब तक प्रदेश में पांच सौ नब्बे रेलगाड़ियां आ चुकी है आर सात लाख साठ हजार से अधिक कामगार प्रदेश में पहुंच चुके हैं इन लोगों को लाने के लिये बारह हजार बसें लगाई गई है प्रत्येक जिले में दो सौ निजो बसें उपलब्ध कराई गई है मुख्यमंत्री ने प्रमुख राजमार्गो पर रात में सघन गश्त के निर्देश दिये हैं परिवहन विभाग को बसों को संक्रमण मुक्त रखने और चालकों परिचालकों और यात्रियों को दिशा निर्देश का पालन कराने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आर शहरी इलाकों में गठित निगरानी समितियों को सक्रिय रखने पर जार दिया उन्होंने पृथकवास केन्द्रों और सामुदायिक रसोई घर को भी स्वच्छ रखने को कहा

प्रदेश सरकार ने कांग्रेस महा सचिव प्रिंका गांधी वाड्रा के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिये बसें उपलब्ध कराने को कहा था अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव को पत्र भेजकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने की जानकारी दी श्री अवस्थी ने एक हजार बसों की सूची चालक और परिचालक क नाम तथा अन्य विवरण उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इन बसों का उपयोग प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने में किया जा सके

अब तक कुल दो हजार छह सौ छत्तीस लोग उपचारित हो चुके हैं अब तक संक्रमण के चार हजार पांच सौ ग्यारह मामलों में से एक सौ बारह लोगों की मौत हो चुकी है उन्होंने बताया कि एक हजार नौ सौ अट्ठहत्तर लोगों का विभिन्न अस्पतालों में प्रथक वार्ड में इलाज चल रहा है जबकि छह सौ एक लोगों को प्रथकवास केन्द्रों में रखा गया है उन्होंने बताया कि आशा बहुओं ने चार लाख ग्यारह हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों और कामगारों का सर्वेक्षण किया ह जिनमें से चार सौ छियासठ लोगों में संक्रमण के लक्षण पाये गये उनके नमूने लेकर जांच की जा रही है केन्द्र सरकार मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार सूजन के लिए और चालीस हजार करोड़ रुपये देगा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक़्र ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज के पांचवे और अंतिम भाग के बारे में कल नई दिल्ली में जानकारी दी श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी है

वित्त मंत्री ने आत्म निभर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की